पहले चरण में योजना के तहत विभिन्न जिलों में पार्कों के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की गई है ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि इन पार्को को मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए डिजाईन किया जाएगा उन्होंने कहा कि इन सभी पार्को का निर्माण कार्य मौजूदा वित्त वर्ष में पूरा किया जाएगा इन पार्को का उपयोग स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाएगा वीरेंद्र कंवर इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना ज़िले की टिहरा पंचायत में विकास कार्यों का निरीक्षण किया

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जरूरतमंदों की हर संभव सहायता करने का प्रयास कर रही है उन्होने मनरेगा कामगारों को मास्क व सैनिटाईजर भी वितरित किए गुरू पूर्णिमा गुरू पूर्णिमा आज मनाई जा रही है इस अवसर पर शिष्य अपने गुरूजनों के प्रति श्रद्धा और आभार प्रकट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है एक ट्वीट भे उन्होंने कहा कि आज गुरुजनों के प्रति सम्मान दिखाने का विशेष दिन है इस अवसर पर उन्होंने सभी ग्रुजनों को नमन किया ऐसा माना जाता है कि इसी दिन महाभारत के रचयिता गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिले में फोरलेन कार्य के चलते पेश आ रही समस्याओ के तूरंत समाधान के निर्देश दिए हैं वे कूमारहट्टी में फोरलेन निर्माण कार्य से क्षतिग्रस्त मकानों का निरीक्षण करने के बाद प्रभावित परिवारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने प्रभावितों को नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया सैजल ने कोटी गांव में बिजली के पुराने खम्भे बदलने के भी विद्युत बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पिति जिले के दौरे के दौरान उदयपुर शकौली और त्रिलोकीनाथ पँचायतों में जनसमस्याएं सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जनसमस्याओ के निपटारे और विकास कार्यों में तेजी लाई जा रही है मारकंडा ने बताया कि शकौली में पंचायत घर प्राथमिक स्कूल और महिला मंडल भवन के निर्माण के लिए धन का प्रावधान कर दिया गया है

यह एक दिन में संक्रमण की पुष्टि की सबसे बडी संख्या है

डुब्लयूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के प्रकोप को काबू करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की है संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वॉमिनाथन ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में भारत जांच किट के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है जो एक उपलब्धि है माकपा माकपा ने आगामी सेब सीजन को देखते हुए इसकी तैयारियों के लिए समय रहते उचित कदम उठाने की मांग की है ताकि बागवानों को मजदूरों पैकिंग सामग्री और मालवाहक वाहनों की कमी न हो

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सेब सीजन के लिए विभिन्न साधनों की बड़े पैमाने पर कमी देखी जा रही है मौसम प्रदेश में मॉनसून सक्रिय हो गया है

जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति में बीती रात उंचाई वाले क्षेत्रो में हल्की बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का समाचार है इस बीच मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है